इनमें जल जीवन मिशन के तहत लगवाल्ती बमसन और मालियां सधरियाण उठाऊ पेयजल योजनाओं के सुद्रढ़ीकरण व उन्नयन कार्य के अलावा बस स्टैंड भोरंज की आधारशिला भी शामिल है मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय कंजयाण में जनसभा को भी संबोधित करेंगे खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे शिक्षण संस्थान प्रदेश में आज से स्कूलों व कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी

हालांकि अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति होगी और हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी इसके अलावा ऑनलाईन पढ़ाई भी जारी रहेगी सरकार ने इस संबंध मे पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये स्कूलों व कॉलेजों में थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी गौरतलब है कि कोरोना महामरी के चलते प्रदेश में मार्च महीने के बाद से सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिये गए थे

दुर्घटना शिमला के समीप ढली चूरट सम्पर्क मार्ग पर कल देर रात एक वाहन के खाई में गिरने से दो व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है घायल को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया है जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि मृतकों की पहचान शिमला तहसील के दिगर गांव के पवन कुमार और मुंडाघाट के सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है हिमपात जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीती रात से रुक रुक कर हल्की बर्फबारी हो रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है हिमपात के कारण मनाली लेह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिये बन्द है और लेह की ओर जा रही सेना की रसद की आपूर्ति को सिटिंगरी में ही रोक दिया गया है घाटी में हो रहे ताजा हिमपात से पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं भी बंद हो गई हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिक्षण संस्थानों के खुलने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में साढ़े सात माह बाद आज से स्कूलों कॉलेजों में लगेंगी नियमित कक्षाएं दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर अकादमियों में भी लौटेगी रौनक हिमाचल दस्तक व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं आज से स्कूल कॉलेजों में नियमित कक्षाएं स्कूलों को दिये गए हैं एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दैनिक भास्कर ने लिखा है स्कूल कॉलेज रि ओपन शिफ्टों में आएंगे छात्र एक सीट छोड़कर बैठेंगे प्रदेश के किसानों बागवानों को मिली राहत रबी फसल के लिये पहुंची खाद अमर उजाला की खबर है हिमाचल दस्तक के मुताबिक कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करेगी सरकार सीएम के गृह जिला मंडी में कार्यक्रम संभव दिव्य हिमाचल की एक खबर है पंचायत चुनाव में चाहिये पहले से ज्यादा कर्मचारी मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है सात साल में पहली बार अक्तूबर में आठ जिलों में नहीं हुई बारिश जबकि आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में तीन साल बाद सूखा रहा अक्तूबर महीना सात नवंबर तक साफ बना रहेगा मौसम

कोरोना महामारी पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कोरोना से आठ मौतें दो सौ पांच और पॉजिटिव